इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिये प्रतिबद्ध है

वहीं सिद्धार्थनगर जनपद में इस अभियान का श्रभारम्भ सांसद जगदम्बिका पाल और प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से किया बाइट यह संचारी रोग के खिलाफ एक दस्तक अभियान शुरू किया गया है और सिद्धार्थनगर में हमने शुरूआत की और साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी थे जो आज जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंगडोम जो है वाटर डिजीज उसको लेकर के गांव गांव में स्वच्छता अभियान चलाने के लिये कोरोना के भी चीजों में जागरूक करने के लिये

प्रदेश सरकार ने केन्द्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप गतिविधियां संचालित करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं

राज्य में आर्थिक औद्योगिक तथा अन्य गतिविधियां फिर शुरू करने की चरणबद्व प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गयी है

नये दिशा निर्देशों के अंतर्गत मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम तरणताल मनोरंजन पार्क थियेटर बार ऑडिटोरियम एसेंबली हॉल और इस तरह के कई स्थानों के खुलने की अनुमति नहीं दी गई है गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श क बाद यह फैसला लिया गया है

दिशा निर्देश के अनुसार सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेल कूद शैक्षिक सांस्कृतिक धार्मिक तथा अधिक भीड़भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर देश डॉक्टरों को नमन कर रहा है मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रति वर्ष पहली जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष के डॉक्टर्स दिवस का विषय है कोविड महामारी की मृत्यु दर कम करना जाने माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती डॉक्टर दिवस के रूप में मनाई जाती है

उन्होंने कहा कि मॉ बच्चे को एक बार जन्म देती है लेकिन डॉक्टर कई बार जिंदगी देता है

उन्होंने कहा कि यह हर नागरिक का कर्त्व्य है कि देश के लिए अपनी सेवाएं देने वालों का सम्मान करें प्रदेश में भी चिकित्सक दिवस के अवसर पर डिजिटल माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उनका मनोबल बढ़ाया गया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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर माह तक बढ़ाये जाने का प्रदेश भर में स्वागत किया गया है और गरीब तबके के लोगों में उत्साह है यह योजना कोरोना की लड़ाई के दौरान गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है

कुल मिलाकर यह योजना जिले के कार्ड धारकों के लिए वरदान साबित हो रहा है

बलरामपुर में भी लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से बेहद लाभ मिल रहा है और उन्होंने इस योजना को पांच महीने के लिये आगे बढ़ाये जाने पर खूशी जाहिर की है

हम लोगों को खाने की कोई तकलीफ नहीं हुई प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों की सहायता की इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उसके लिए लाभार्थी कृष्ण कुमार शुक्ला ने भी इसे अच्छा कदम बताया प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो फ्री में राशन मिल रहा है उससे हम लोगों का जीविका आराम से चल रहा है उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को काफी धन्यवाद देते हैं मिल रहे निशुल्क राशन के लिए सभी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया कहा कि इससे उन्हें खाद्यान्न कि कहीं कोई समस्या नहीं हुई रामकुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर

उत्तराखंड सरकार ने आज से चारधाम यात्रा फिर से शूरू करने का फैसला किया है केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं उत्तराखंड के लोगों को ही सीमित संख्या में इस यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड के अनुसार यात्रा के लिए लोगों को सम्बन्धित धाम के जिला प्रशासन से अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा